पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में एक सौ छियासी मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि

किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर बेलहर नाथनगर और दरौंदा विधानसभा तथा समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए विभिन्न दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने दलों और गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है इन क्षेत्रों में इक्यावन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है महिला उम्मीदवारों की संख्या छह है किशनगंज में आठ सिमरी बख्तियारपुर में छह दरौंदा से ग्यारह नाथनगर से चौदह तथा बेलहर विधानसभा क्षेत्र से चार और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इधर निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में स्वतंत्र शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है तीन हजार दो सौ अंठावन बूथों पर बत्तीस लाख सताईस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे सुरक्षा की दृष्टि से सभी बूथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले वर्ष अप्रैल महीने से सभी पंचायतों में बारहवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जायेगी भागलपुर के सबौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले चौबीस घंटों के अंदर पटना में एक सौ छियासी मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है पीएमसीएच में डेंगू के एक सौ तेरह और एनएमसीएच में तिहत्तर मरीज पाये गये हैं इनमें से एक सौ पांच पटना के जबकि अन्य मरीज बक्सर नालंदा रोहतास भोजपुर जहानाबाद सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और गया जिले के हैं इसके अलावा विभिन्न निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कई मरीज मिले हैं इस मौसम में अब तक अट्ठाईस मरीजों में चिकुनगुनिया और बावन में जापानी इंसेफ्लाईटिस की भी पुष्टि हो चुकी है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक दल ने पीएमसीएच के डेंगू वार्ड और माईक्रो वायरोलॉजी लैब का निरीक्षण किया दल में शामिल चिकित्सकों ने डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत बतायी इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू को लेकर महामारी की आशंका नहीं है उन्होंने कहा कि मरीजों की दवा प्लेटलेट्स और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह ने कहा है कि यदि लोगों को चौबीसों घंटे बिजली नहीं मिलती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जायेगा औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब बिजली उत्पादन के मामले में भारत अन्य देशों से आगे निकल चुका है श्री सिंह ने कहा कि अब जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है और अन्य देशों को आपूर्ति की जा रही है आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के बाईस और निजी अस्पताल शामिल किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का फैसला किया गया योजना से जुड़े अस्पतालों की संख्या अब बढ़कर सात सौ चौंतीस हो गयी है इनमें पच्चीस जिलों के एक सौ उनहत्तर निजी अस्पताल शामिल हैं जिन बाईस नये निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है वे पटना नालंदा भोजपुर औरंगाबाद खगड़िया और वैशाली जिले के हैं आरा स्थित एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी राजद विधायक अरुण यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है आरोपी विधायक इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रहे हैं ग्रामीण सड़क निर्माण में एक कंपनी से कथित तौर पर कमीशन की मांग करने के आरोप में झंझारपुर से राजद विधायक गुलाब यादव के खिलाफ निगरानी जांच ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है कल आरोपी विधायक से ब्यूरो के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की इस मामले में लोकायुक्त ने ब्यूरो को दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन आज सुबह दस बजे से गया के दयानंद सुशीला सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के संगीत कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति की जायेगी कार्यक्रम में मुम्बई की शास्त्रीय गायिका वरदा गोडबोले अपनी प्रस्तुति देंगी उनके साथ तबला पर समय चोलकर और हारमोनियम पर पारोमिता मुखर्जी संगत देंगी वहीं आकाशवाणी दिल्ली के कलाकार प्रभात कुमार सरोद पर राग सिंधु भैरवी और अहिरी तोड़ी की प्रस्तुति देंगे उनके साथ राज कुमार नाहर तबला पर संगत करेंगे इसके अलावा देश भर में एक साथ चौबीस स्थानों पर भी आज ही आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार और आकाशवाणी पटना के पहले संवाददाता रविरंजन सिन्हा का तेरासी वर्ष की उम्र में पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे डेंगू से पीड़ित थे उन्होंने उन्नीस सौ साठ से बासठ तक आकाशवाणी पटना में संवाददाता के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी बाद में वे रासायनिक खाद कारखाना सिंदरी के जनसंपर्क पदाधिकारी बने लेकिन अस्सी के दशक में अपनी नौकरी छोड़कर वे पुनः मुख्य धारा की पत्रकारिता में आ गये रविरंजन सिन्हा की पहचान उत्कृष्ट नाट्य समीक्षक के रूप में भी होती थी उनके निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है शिक्षा विभाग बाईस से चौबीस अक्टूबर तक सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पटाखा नहीं छोड़ने की शपथ दिलायेगा इसके लिए छात्रों से एक प्रतिज्ञा पत्र भरवाया जायेगा पर्यावरण की रक्षा और पटाखों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर जागरूकता का प्रसार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है पटना के पाटलिपूत्र खेल परिसर में आयोजित सत्तरवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केट बॉल प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में बिहार की टीम ने जीत हासिल की है वहीं बालक वर्ग में बिहार को ओड़िशा से हार का सामना करना पड़ा अन्य लीग मुकाबलों में पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और केरल को जीत मिली है शराब तस्करी और अपहरण में शामिल अपराधियों की मदद करने के आरोप में अररिया आरएस ओपी में पदस्थापित दारोगा चितरंजन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है समस्तीपूर जिले के बैनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत गंगापूर में अपराधियों ने एक निजी फाईनांस कंपनी के कर्मी की हत्या कर पौने दो लाख रुपये लूट लिये नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर ईदगाह के पास से पुलिस ने चार जिंदा बम और एक कारतूस का खोखा बरामद किया है बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया है मामले की जांच चल रही है छपरा जंक्शन से आरपीएफ की टीम ने चौबीस लाख रुपये मूल्य का गुटखा और जर्दा जब्त किया है मुंगेर जिले के बांक गांव में एक बाढ़ पीड़ित की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान ने पटना में भीषण बारिश के बाद हुए जलजमाव के मामले में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है नगर आयुक्त जज की भी नहीं सुनते दैनिक जागरण ने अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा मंजूर नहीं समझौता दैनिक भास्कर लिखता है देश में पैकेट बंद दूध के सैंतीस दशमलव सात प्रतिशत नमूने गुणवत्ता में फेल खूले दूध के अड़तालीस प्रतिशत नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतरे प्रभात खबर ने लिखा है जस्टिस बोबड़े हो सकते हैं अगले प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए शीर्षक बनाया है बिहार में एनडीए अटूट दैनिक आज की सुर्खी है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को चंपारण ने दिखायी राह

पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में एक सौ छियासी मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि